वे विधानसभा में विधायक अभय सिंह यादव के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने अबतक तीन सौ करोड का प्रीमियम दिया है और उन्हें अबतक नौ सो बत्तीस करोड़ रूपये के मुआवजे का भ्गतान हो च्का है इनैलो विधायक परमिंदर सिंह ढ़ल के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के किसानों की प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों के कारण क्षतिग्रस्त हई फसलों की तुरंत जानकारी देने के लिए किसान आयोग एक ट्रोल फ्री नंबर और वाट्स ऐप नंवर शुरू करेगा उन्होंने कहा कि किसान वाट्सऐप नंवर पर अपनी आवाज़ रिकार्ड करके भी जानकारी दे सकेंगे हरियाणा सरकार अगले वर्ष द्सरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं की श्रूआत करेगी

इसके दो रूट होंगे दूसरा रूट हडा सिटी सेंटर से द्वारका तक वाया सुभाष चौक और हीरो होंडा चौ होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कल सदन मे मेवात में मारे गये व्यक्ति शब्बीर के मामले पर तथ्य प्रस्तुत करेंगे

हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन आज सदन की कार्रवाई हंगामा पूर्ण रही कार्रवाई की श्रूआत पिछली बैठकों के बाद शहीद हए सैनिकों को श्रद्वाजंलि देने के साथ श्रू हई

उन्हें हर हाल में पूरा किया जायेगा सदन में आज विपक्ष के नेता अभय चौटाला द्वारा सतल्ज यम्ना लिंक नहर का म्द्दा उठाया गया उन्होंने इस पर अपने दिये प्रस्ताव को अध्यक्ष दवारा नामंजूर किये जाने का विरोध किया इस मुद्दे पर चर्चा न कराये जाने को लेकर हनेलो विधायक अध्यक्ष के सामने भी गये और वापिस सीटों पर आकर नारेबाज़ी भी की जब काफी देर तक गतिरोध खत्म नहीं हआ तो वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने अध्यक्ष के माध्मय से सदन का समय खराब न करने की विनती की बाद मे जाब अध्यक्ष ने इनैलो विधायकों को नेम करने के लिए पहला नाम अभय चौटाला पढ़ा तो नोक झोंक के बीच इनैलों विधायक वाकआऊट कर गये सदन में कांग्रेस दवारा आज एस्मा और कर्मचारियो का म्द्दा उठाने की कोशिश की गई क कांग्रेसी विधायक इस मुद्दे पर इनैलो द्वारा एसवाईएल का म्द्दा उठाये जाने के दौरान भी बोलते रहे हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने आज सदन में घोषणा की कि ओलंपिक में पदक लाने पर खिलाड़ी को एचपीएस या एचसीएस में सात वर्ष की वरिष्ठता के साथ नौकरी दी जायेगी वे आज एशियाई खेलो में देश के लिए पदक लाने वाले खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए लाये गये प्रस्ताव पर बोल रहे थे उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों के नाम भी पढ़े

केन्द्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि लोकतंत्र में अस्पताल एंब्लेंस और दवा की द्वानों को बिना रूकावट चलते रहा आवश्यक है उन्होंने कहा कि बद में बसों का निशाना बनाया जा रहा है और मेडिकल स्टोर बंदा कराये जा रहे है लोग बंद का समर्थन नहीं कर रहे है

श्री प्रसाद ने कहा कि हम जनता के साथ है और सरकार ने मंहगाई रोकने के उपाय किये है उन्होंने कहा कि तेल और डीज़ल की कीमते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में संकट की वजह से बढ़ी है और सरकार लोगों की समस्या ये हल करने के लिये प्रयासरत है केन्द्रीय मंत्री म्ख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और अन्य दलों के भारत बंद को अफवाह फैलाने और जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास बताया है